राज्यपाल ने कहा प्रदेश सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में अधिकतर चुनावी वायदों को किया पूरा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा कल विधिवत चुने जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष जनजातीय जिला लाहौल स्पिति की पट्टन घाटी में इन दिनों फागली उत्सव की धूम

विधानसभा में आज दो घंटे से अधिक के अभिभाषण में राज्यपाल ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिकतर चुनावी वायदों को पूरा कर लिया है बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार ने लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए महत्वाकांक्षी जनमंच कार्यक्रम शुरू किया है

राज्यपाल ने कहा कि उनकी सरकार आम जनता को कुशल स्वच्छ व पारदर्शी शासन प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है

उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की गई है

राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने और कामकाज में पाई जाने वाली खामियों के समाधान के लिए शिक्षा साथी ऐप शुरू की गई है

राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य बजट सत्र को सफल व सार्थक बनाने में अपना प्ररा सहयोग देंगे

निर्वाचन आयोग ने आज इसकी घोषणा की चुनाव की अधिसूचना छह मार्च को जारी होगी

महेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी पारंपरिक शोभा यात्रा आज धूमधाम से निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा में जिले भर के दर्जनों देवी देवता शामिल हुए इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने राजमाधव राय मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा में भाग लिया महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि देवी देवताओं के मिलन की सदियों पुरानी परंपरा मंडी शिवरात्रि में आज भी कायम है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं आरंभ की है

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे विपिन परमार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे उन्होंने आज विधानसभा में मंत्री पद से इस्तीफा दिया और अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया परमार के अलावा अन्य किसी भी सदस्य ने नामांकन पत्र नहीं भरा

गौरतलब है कि राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के बाद से विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था समर स्मारक राष्ट्रीय समर स्मारक को बने आज एक वर्ष प्रा हो गया है इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्वासुमन अर्पित किये रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह स्मारक देश की सेवा में कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर जवानों को श्रद्वांजलि है उन्होंने कहा कि देश हमेशा इन शहीदों के बलिदान का ऋणी रहेगा

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिलासपुर जिले के स्वामी विवेकानंद राजकीय डिग्री कालेज घुमारवीं को केरल के दो निजी महाविद्यालयों के साथ जोड़ा गया है इनमें केरल के महात्मा गांधी कालेज केशवापुरम तिरुवनतुरम व टीकेएम कालेज ऑफ आर्ट्स एंड सांइस कोलम शामिल हैं घ्मारवीं कालेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत क्लब का गठन कर लिया है और विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं मात्रभाषा दिवस पर कॉलेज के विद्यार्थियों ने स्थानीय कहलूरी बोली में एक नाटिका प्रस्तुत की जिसे दर्शकों ने खूब सराहा कॉलेज की प्रिंसीपल ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित की जा रही यह गतिविधियां सांस्कृतिक आदान प्रदान का सशक्त माध्यम बन रही हैं

खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक इस उत्सव में लोग घरों की छतों पर बर्फ के शिवलिंग स्थापित करते हैं और इसकी विधिवत पूजा अर्चना कर आने वाले समय में अच्छी फसल की कामना करते हैं इस दौरान लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजधज कर एक स्थान पर भूमि पूजन कर गांव की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते है स्थानीय लोगों के अनुसार फागली घाटी का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसे सब मिलजुलकर मनाते हैं

पहली उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर दूसरी भुंतर बारिंग भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर रावा भुंतर के बीच भरी जाएगी यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी उधर लाहौल स्पीति जिले में जिस्पा हेलिपैड के लिए पिछले लगभग एक महीने से कोई उड़ान न होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हैं